मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नवाचार और बेहतर अनुसंधान की कमी देश के लिये सबसे बड़ी चुनौती है नई दिल्ली में उप कलपतियों तथा निदेशकों के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हये उन्होंने कहा कि ग्णात्मक विस्तार तथा शिक्षण में स्धार इस समय की जरूरत है बाद में श्री जावड़ेकर ने सभी सेंट्रल तथा निजी यूनविर्सिटीस में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सकारात्मक और जीवंत वातावरण बनाने की आवश्यकता बताई उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत के कौशल को विश्व का दर्शाने का समय आ गया है उन्होंने कहा कि देश में बहत से ऐसे विश्व स्तरीय शिक्षाविदव काम कर रहे है जिनहे अब अपने कोष्ठ से बाहर निकल कर अपने जान को सांझा करना चाहिए श्री जावड़ेकर ने आगे कहा कि देखा गया है कि कुछ सांसदों सहित कई भारतीय विश्व के श्रेष्ठ शिक्षकों में शामिल है और देश को ऐसे संसाध्नों का पूरा उठाना चाहिए पी एच डी थीसिस में चोरी की चर्चा करते हए श्री जावड़ेकर ने कहा कि एक सोफ्टवेयर विकसित किया गया है जो इस तरह की चोरी को रोकने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने शैक्षणिक आज़ादी का पक्ष लेते हुए कहा कि आने वाले सालों में उच्च शिक्षा में मौजूदा सकल पंजीकरण दर छबबीस से बढ़ाकर चालीस प्रतिशत किया जाना चाहिए ताकि ये विकसित देशों जैसा हो जाय

इन कर्मचारियों को दो हजार चौदह से दो हजार सत्रह के बीच सेवाओं के लिए प्लिस पदक दिये गये

इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने सम्बोध्न मे प्लिस के साहस व धैर्य की प्रंशसा की ओर अत्यंत जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने पुलिस के अदम्य साहस की प्रंशसा करते हए कहा कि यह संतोष की बात है कि राज्य प्लिस अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से निभार रही है

मन की बात को आकाशवाणी के सभी केन्दों और दूरदर्शन् के डीटीएच चैनल पर स्ना जा सकेगा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जायेगा

इस निर्णय से उन कर दाताओं को स्विधा हो जायेगी जिन्होंने अब तक अपना रिर्टन नहीं भरा है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ग्रू पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि हमारे समाज के ग्रूओं की बहंत ऊंचा स्थान होता है और शिक्षक हमें हमेशा प्रेरित करते हए हमें सर्वश्रेष्ठ बनाते है

लोक निर्माण व वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि कुरूक्षेत्र के गांव ठोल से नांगल चौधरी तक शीध ही ग्रीन रोड बनाया जायेगा जो सोहना से वाया फिरोजप्र व राजस्थान होता ह्आ मुम्बई तक पहुंचेगा आज रिवाड़ी से पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में छफेबरीकेटीटिड आरओबी बनायें जायेंगे और अगस्त माह में गढ़ी हरसरू से पायलट परियोजना के तौर पर उक आरओबी का निर्माण श्रू किया जायेगा उन्होंने कहा कि अगले दो महीनों में रिवाड़ी में नये बस अड्डे के लिए ज़मीन कर चयन कर लिया जायेगा उन्होनें कहा कि रिवाड़ी नारनौल मार्ग पर छ सौ अटठारह करोड़ रूपये की लागत आयेगी और अकेले रिवाड़ी में तीन सौ इक्यावन करोड़ रूपये से सड़के बनाई जा च्की है और एक सौ छ किलोमीटर लंबाई की नई सड़कें बनाई जा रही है जबकि सौ करोड़ रूपये के काम प्रक्रिया में है बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या बारे उन्होंने कहा कि सभी जगह निकासी की सही व्यवस्था नहीं है उनकी योजना है कि लोक निर्माण विभाग की ज़मीन में क्ई खोद कर उसमें खंडवे लगा दिये जाये

उन्होंने कहा कि इसी महीनें वे ऐसी दस कूई बनवायेंगे हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस के मित्तल ने कहा है कि आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अपने दायित्वों का निवर्हन तरीके से कर रहा है

न्यायमूर्ति मित्तल आज झज्जर में लगाये गये अदालती शिविर में न्यायमूर्ति के सी प्री के साथ पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे शिविर में झज्जर भिवानी रोहतक व रिवाड़ी के मामलों का निपटारा किया गया और प्राने चल रहे मामलों के साथ मौके पर अपनी समस्या लेकर आये परिवादियों से सीधा संवाद करते हुए समाधान स्निश्चित करने का आश्वासन दिया न्यायमूर्ति मित्तल ने बताया कि मानव अधिकार हर व्यक्ति के ऐसे मुलभुत अधिकार है जो उसके सामान्य जीवन यापन के लिए आवश्यक है पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में मानसून के जोर पकड़ने और रूक रूक कर हो रही बारिश ने घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ा दिया है

उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा घग्गर के बढ़ते जल स्तर पर नज़र रखी जा रही है और प्रशासन स्थिति से निपटने को तैयार है उधर यम्नानगर जिले में भी पहाड़ों के साथ लगते क्षेत्र में हो रही बारिश से यम्ना का जलस्तर फिर से बढ़ गया है

वहीं सोम पथराला आदि नदियां भी उफान पर है प्रशासन ने यम्ना नदी से लगते क्षेत्र के ग्रामीणों को नदी में न जाने की हिदायत की है इस सम्बधी मुनादी भी करवाई गई है भारत प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने आज टोहाना में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करवाये जा हरे स्वच्छ सर्वेक्षण का शुभारंभ किया

उन्होंने ग्रामीणों से सर्वेक्षण में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील करते हए कहा कि गांव में क्ड़ा कर्कट के लिए एक जगह निर्धारित करे और सब जगह सफाई रखे उन्होंने कहा कि जिन गांवों में कचरा शेड बना है वहां गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखे ताकि गंदगी व बीमारी न फैले